कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने किसानों से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए फसल चक्र अपनाने का किया आह्वान नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने एक नाईजीरियन नागरिक को दिल्ली से किया गिरफ्तार

इसके अलावा चौड़ी पत्ती व अन्य शंकुधारी पौधे भी लगाए गए वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकूर ने इस उपलब्धि को हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बघाई दी है उन्होंने कहा कि भविष्य में जनसहयोग से ये अभियान चलाया जाएगा किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार वन संरक्षण पर बल देते हुए वनों को रोजगार व आजीविका का साधन बनाने का प्रयास कर रही है धर्मशाला के समीप चोहला गांव में पौधरोपण अभियान में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि वन समृद्धि जनसमृद्धि योजना शुरू की गई है जिसके जरिये लोगों को जड़ी बूटी इक्टठा करने प्रसंस्करण व विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश में सामुदायिक वन संवर्धन योजना शुरू की जा रही है जिसके तहत युवक व महिला मंडल को भू खण्ड आबंटित किए जाएंगे इस मौके किशन कपूर ने देवदार का पौधा लगाया सहजल इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के बोहली में आज वृत्त स्तरीय पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ किया

सहजल ने विद्यार्थियों से पौधरोपण करने के बाद रोपे गए पौधों की सुरक्षा करने का आह्वान किया उघर करसोग के विधायक हीरा लाल ने क्षेत्र के मैहरन में पौधरोपण किया

हीरा लाल ने लोगों से भी बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधे रोपित करने व उनकी देखभाल करने का आहवान किया इस बीच बिलासपुर ज़िले के झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल ने द्रोपदी दा परों में आयोजित पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया बिंदल विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन विघानसभा क्षेत्र के काटल में बेहड़ा का पौधा रोपित कर वृत्तस्तरीय वन महोत्सव का शुभारम्म किया

बिंदल ने कहा कि वनीकरण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा और लोगों को खाली सरकारी व निजी भूमि में पौधरोपण के लिए जागरूक किया जाएगा उन्होंने वन अधिकारियों को पौधरोपण के साथ साथ उनके संरक्षण के निर्देश देते हुए कहा कि असंख्य पौधे हर वर्ष रोपित किए जाते हैं मगर बिना देख रेख के अधिकांश पौधे समाप्त हो जाते हैं कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने शिमला ज़िले की जुन्गा पंचायत के तहत चाखड़ा गांव में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा व भूमि कटाव को रोकने के लिए वनीकरण अत्यंत आवश्यक है

मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि स्पीति घाटी में जल्द ही सब्जी मण्डी बनाई जाएगी जिससे घाटी के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में सुविधा होगी स्पीति घाटी के अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान आज माने गांव में उन्होंने किसानों से विभिन्न सब्जियां उगाने के साथ साथ फसल चक्र अपनाने का भी आहवान किया ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत कर सकें मारकण्डा ने माने व तावो गांव में बहाव सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास भी किया उन्होंने लांगचा हिक्किम डेमुल और कोमिक पंचायतों का दौरा कर जनसमस्याएं भी सुनीं भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार की तर्ज़ पर शिमला नगर के प्रत्येक वॉर्ड में भी जनमंच कार्यक्रम हर महीने आयोजित किए जाएंगे बालूगंज में आज कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि घरद्वार पर लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए जनमंच कार्यक्रम में नगर निगम व विभिन्न विभागों के अधिकारी और जन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों के एक एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा सूलह विधानसभा क्षेत्र के बटारहल और डगाहण में लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के के अलावा लोगों के उपचार के लिए सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे इससे पूर्व उन्होंने डगाहण में आयोजित पौधरोपण अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की इस मौके पर उन्होंने अर्जुन का औषधीय पौधा भी रोपित किया

चिटटा शिमला प्रलिस ने नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाईजीरियन नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है आरोपी तस्कर राजधानी शिमला सहित कई जगह चिट्टे की सप्लाई काफी समय से कर रहा था शिमला पुलिस ने दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र से करा वासली नामक इस तस्कर को पकड़ा है

पुलिस आरोपी को शिमला लाई है इस काम में शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की भी मदद ली राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने द्वंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर के साथ आज क्षेत्र के जनसम्पर्क अभियान के तहत भलेहड़ त्रैम्बली व सिलग में लोगों के समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और लोकसभा चुनावों में विजय हासिल की जाएगी सोलन में आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार चुनाव के दौरान लोगों से किए वायदों को पूरा करने में विफल रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह से स्पष्ट है कि भाजपा के खिलाफ लोगों में आक्रोश है इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाज़ी नहीं है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर कार्य करेगी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया

लोक अदालत का उद्देश्य प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या को कम करना और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर उन्हें हल करना है

मुरंग पंचायत किन्नौर ज़िले की मूरंग पंचायत को केन्द्र सरकार के श्यामा प्रसाद रूरल अर्बन मिशन के तहत चयनित किया गया है ग्रामीण विकास अभिकरण के उपनिदेशक नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य मूरंग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है उन्होंने कहा कि साथ लगती पंचायतों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा

ज्ञापन चम्बा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के गैर जनजातीय पंचायतों के लोगों ने केन्द्र सरकार से जनजातीय क्षेत्र में भी केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है इस संबंध में किलाड़ वार्ड के ज़िला परिषद सदस्य ललित ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने सांसद राम स्वरूप शर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा